निष्पादन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक में राज्य में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग जिला कनेक्टिविटी रोड और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण वन निकासी इत्यादि की स्थिति पर उपायुक्तों के साथ समिक्षा की उन्होंने कहा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पचास हजार करोड़ रुपये सड़क निमार्ण क्षेत्र में निवेश करने का आश्वासन दिया है राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए समर्थन का लाभ उठाने चाहिए उन्होंने कहा है कि हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे है उप मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास हेतु सड़क कनेक्टिविटी के महत्व को जानने पर जोर दिया पर्यावरण और वन मंत्री नाबम रिबिया ने कल चौसठवें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह समारोह के अवसर पर जीरो लोअर सुबनसिरी जिले के लगभग पंद्रह किलोमीटर में स्थित देश के पहले वन्य आर्किड संरक्षण ट्रेल का उद्घाटन किया हापोली वन प्रभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा आज दुनिया पर्यावरण संबंधी मुद्दों और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के साथ उभर रही है संरक्षण पर हैपोली वन प्रभाग की पहल की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने इसे दूसरों द्वारा अनुकरण किया जाना की वकालत की

ऑल न्येशी स्टूडेंट्स यूनियन अनसू ने छह अक्टूबर को लोअर सुबानसिरी जिले में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तालों की आग घटना पर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है आनसू अध्यक्ष तोको ताकम और जनरल सेकेट्री तुकबॉम लिगु के नेतृत्व में एक टीम ने स्कूल का दौरा किया और घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की संघ ने लोअर सुबानसिरी जिला उपायुक्त से डेस्क बेंच और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे की तत्काल खरीद के लिए धन देने का आग्रह किया ताकि स्कूल में शिक्षण प्रक्रिया जल्द शुरु की जा सके बॉयिंग यापगो और मोंकक्र गांवों के बाईस महिला लाभार्थियों को कल बॉयिंग गांव डेरे में आयोजित एक समारोह में विद्यायक कलिंग मोयोंग द्वारा विस्तारित प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किया गया लाभार्थियों के लिए खाना पकाते समय गैस की सुरक्षित उपयोग के उपायों को भी प्रदर्शित किया गया विधायक ने कहा कि स्वच्छ ईंधन और धुएं रहित रसोई के उपयोग से महिलाओं और उनके परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर होगा आज विश्व डाक दिवस है यह दिन अटठारह सौ चौहत्तर में स्विटजरलैंड के बर्न में वैश्विक डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ पर प्रत्येक वर्ष नौ अक्टूबर को मनाया जाता है उन्नीस सौ उनहत्तर में तोक्यों में विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था इसके बाद से दुनिया के सभी देश इस अवसर पर वार्षिक समारोह का आयोजन करते हैं कई देशों में डाक विभाग आज के दिन नई सेवाओं की शुरुआत करता है संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव अंतोनियों गुतरश ने अपने संदेश में कहा कि डाक विभाग प्ररी दुनिया में छह लाख से भी अधिक अपने कार्यालयों के साथ विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भ्रमिका निभाता है इस वर्ष विश्व डाक दिवस पर केवल डाक वितरण नहीं बल्कि सामानों को घर तक पहुंचाने के विभाग के दायित्व पर विशेष जोर दिया जाएगा असम के मोरीगांव जिले में पुलिस ने दो अवैध शिकारियों को गोली मार दी पुलिस और विशेष कार्य बल की संयुक्त टीम ने सुराग मिलने पर कल देर रात सीतलमाड़ी चार में गेंडों के अवैध शिकारियों को पकड़ने के लिए छापा मारा लेकिन जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो शिकारियों ने गोलियां चलानी शुरु कर दी पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाई जिससे दो शिकारी मारे गये और कुछ अंधेरे में भाग निकले पुलिस ने वहां से हथियार और गोलाबारुद भी बरामद किया है नागालैंड के दिमापुर में कल से तेरह अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इंटर स्टेट नोर्थ ईस्ट जोनल बैडमिटंन प्रतियोगिता दो हजार अटंठारह में राज्य का बाईस सदस्य टीम हिस्सा ले रहा है जिसमें दस पुरुष और दस महिला सहित दो अधिकारी मौजूद है अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ के सेक्रेट्री बामांग तागो ने टीम अरुणाचल को शुभकामनाएं दी है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 आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया